कोरोना संक्रमण की जांच में तेजी लाने के लिए आज से राज्य भर में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा इसके तहत रैपिड एंटीजन टेस्ट से लगभग डेढ लाख लोगों की जांच करने का लक्ष्य रखा गया है हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर रैपिड एंटीजन टेस्ट के दूसरा चरण के तहत आज जिला व प्रखण्ड स्तर पर लोगों की निःशुल्क जांच की जाएगी

जिले के प्रत्येक प्रखण्डों में चिन्हत स्थानों पर कैम्प लगाकर निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आम नागरिको का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगां इस कार्यक्रम का मकसद कोविड के संभावित संक्रमण की पहचान कर रोकथाम के प्रभावी कदम उठाना है कोविड संक्रमण को देखते हुए उपायुक्त ने जिलेवासियों से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की

सिविल सर्जन डॉ विजय कुमार द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार कल पांच नए संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई इस प्रकार जिले में अब तक पांच सौ उनासी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हो चुकी है

जिले में कुल संक्रमित लोगों की संख्या तेरह सौ छब्बीस हो गई है कोरोना के कारण अब तक दस लोगों की जान जा चुकी है अब तक नौ सौ तीस लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने देश के युवा खासकर चिकित्सक और इंजीनियर से कोरोना काल में जेईई नीट की परीक्षा को लेकर सुझाव मांगा है श्री सोरेन ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में प्रतिदिन रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी हो रही है ऐसे में संक्रमण काल में सितंबर में आयोजित होने वाले जेईई नीट की परीक्षा लाखों बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि महामारी के नमूनों के परीक्षण में यह नया कीर्तिमान जांच निगरानी और उपचार की रणनीति पर कडाई से अमल करने से संभव हो पाया है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

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इस बारे दिशा निर्देश जारी किये हैं

आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जे एल मीणा ने बताया कि पैनल में शामिल अस्पतालों को स्वास्थ्य देशभाल की गुणवत्ता के छह मानदंडों के आधार पर श्रेणीबद्व करने का प्रस्ताव है ये मानदंड हैं समय पर उपचार सुरक्षा रोगी केन्द्रित देखभाल प्रभावी देख रेख कार्य कुशलता और समान सेवा

वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि आयकर अधिनियम के तहत इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से हुए लेनदेन पर इस वर्ष पहली जनवरी के बाद वसूले गये शुल्क तुरंत रिफंड करें मंत्रालय ने बैंकों से यह भी कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रोनिक माध्यम से किये गये किसी भी लेनदेन पर कोई शुल्क न लगायें मंत्रालय ने कहा कि प्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड ने इस बारे में पिछले वर्ष तीस दिसम्बर को अधिसूचना जारी की थी अधिसूचना के अनुसार यदि यह लेनदेन रुपे कार्ड भीम यूपीआई यूपीआई क्यू आर कोड और भीम यूपीआई क्यू आर कोड द्वारा किया जाता है तो कोई भी बैंक या सिस्टम प्रदाता कोई शुल्क नहीं लगायेगा गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के विलिंगवीरा गांव के पास पुलिस के गश्ती दल ने लगातार सीरीज में सड़क पर छुपा कर दबाए गए सात आईईडी बम बरामद किया है पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दन ने बताया कि यह शक्तिशाली बम पुलिस को निशाना बनाने और क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया गया था बम को विस्फोट कर निष्क्रिय कर दिया गया है पश्चिम सिंहभूम जिले में पुलिस ने गुप्त सूचना पर ब्राउन शूगर का व्यापार करने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है चाईबासा के युवक आदित्यपुर आशियाना मोड़ के पास से किसी व्यापारी से खरीदकर इसकी बिक्री किया करते थे इसकी सूचना मिलने पर सनहा दर्ज कर अधिकारियों को सूचित किया गया जिसके बाद गठित पुलिस टीम ने छापेमारी कर गुटूसाई निवासी एक युवक के पास से ब्राउन शुगर हेरोइन स्कूटी और मोबाइल जब्त किया

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उनसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी परियोजना में अड़चनो को दूर करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि रेल के विकास में जमीन अधिग्रहण रूकावट बन रही है श्री गोयल ने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया इसके अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सांसद महेश पोद्दार को पत्र लिखकर नए प्रस्तावित रेल जल्द शुरू करने का भी आश्वासन दिया है

पहले चरण में ओलम्पिक और पैरा ओलम्पिक खिलाड़ियों ने अभ्यास शुरू कर दिया

इसके लिए सरकारी भवनों को चिन्हित कर प्रतिनियुक्त कर्मियों को उपस्थित होने को कहा गया है रांची में पुलिस ने तीन पीएलएफआई उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि ये उग्रवादी जमीन कारोबारी की हत्या की योजना बना रहे थे राजधानी रांची को जाम मुक्त बनाने की दिशा में रांची नगर निगम आज से शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत करेगा पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा के गुड़ापहाड़ में एक पहाड़िया की बिजली का करंट लगने से मौत हो गयी

गोड्डा जिले के देवडार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से मार की हत्या कर दी गई उसके घर के सामने से शव बरामद किया गया

इसके साथ ही लोकल खिलौने के लिए बने वोकल के प्रधानमंत्री के अपील की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है